मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार की मदद करने का किया आहवान चैत्र नवरात्र कल से मंदिरों में लंगर भंडारे व जागरण के आयोजन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत बताई है

मुख्यमंत्री ने भंगरोटू और मात्र शिश् अस्पताल मंडी में बनने वाले प्री फैब्रिकेटिड अस्पताल का कार्य जल्द पूरा करने को कहा ताकि जिले में ऑक्सीज़नयुक्त बैड की क्षमता बढ़ाई जा सके उन्होंने परिवहन विभाग को बसों व अन्य सार्वजनिक वाहनों की प्रभावी सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने और दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद विभाग को होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज़ों के लिए काढ़ा उपलब्ध करवाने को भी कहा बैठक में स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि जिले के सभी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सक पैरा मैडिकल स्टाफ और उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे

जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कोरोना महामारी से लड़ाई में राज्य सरकार की मदद करने का आहवान किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अधिक जानलेवा और खतरनाक है ऐसे में सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित पंचायतों के सभी लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार करें और फेस मास्क का उपयोग करें मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से होमक्वारंटीन में रह रहे मरीजों की मदद करने और उनके परिजनों से निरंतर संपर्क में रहने का आग्रह भी किया इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि पंचायतीराज संस्थाएं आइसोलेशन में रहने वाले लोगों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेगी स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनशील है वे आज शिमला में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के साथ परिवहन निगम के पैंशनरों की मांगों के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारियों के लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश भी दिए

नवरात्रे चैत्र नवरात्रे कल से आरंभ हो रहे हैं राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नवरात्रों के दौरान श्रद्वालुओं को मंदिरों में आने की अनुमति प्रदान की है लेकिन इस दौरान श्रद्वालुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए फेस मास्क पहनकर प्रजा व दर्शन करने की इजाजत होगी नवरात्रों के दौरान मंदिरों में लंगर भंडारे व जागरण के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा इसके अलावा मंदिर प्रबंधन को सरकार द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है इस बीच सिरमौर के उपायुक्त आर के परूथी ने कहा है कि महामाया बालासुंदरी मंदिर में श्रद्वालुओं को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं को अपने मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा

पठानिया वन युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कांगड़ा जिले में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ममूह गुरचाल पंचायत में आज खेल मैदान का शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस मैदान के बनने से स्थानीय युवाओं को खेलों के साथ साथ सेना व पुलिस में भर्ती के लिए अभ्यास करने को बेहतर स्थान उपलब्ध होगा पठानिया ने कहा कि इस मैदान में युवाओं के लिए ओपन ऐयर जिम भी लगाया जाएगा

उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर पंचायत में पशु औषधालय खोलने की घोषणा भी की

पांगी के आवासीय आयुक्त सुखदेव सिंह ने बताया कि तीनों मृतक महिलाएं साच गांव की रहने वाली थीं

भरमौर के विधायक जियालाल कपूर ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं

पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान धनेरा मोहल्ला मंडी निवासी योगेश्वर शर्मा व लता शर्मा के रूप में हुई है ये दोनों पति पत्नी थे उन्होंने कहा कि घायलों का कुल्लू अस्पताल में उपचार किया जा रहा है